मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा धर्मशाला व देहरा में बन रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कार्य में तेजी लाने को सरकार हर सम्भव सहायता देगी

वन महोत्सव अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही

मुख्यमंत्री ने कीरतपुर नेरचौक फोरलेन निर्माण कार्य में विलम्ब पर असंतोष जताते हुए अतिरिक्त श्रम शक्ति और मशीनरी तैनात करने को कहा

मुख्यमंत्री कांगड़ा जिले के धर्मशाला व देहरा में स्थापित किए जा रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कार्य में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार हर सम्भव सहायता उपलब्ध करवाएगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में केन्द्रीय परियोजनाओं की एक समीक्षा बैठक में आज ये बात कही उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है और विश्वविद्यालय परिसर के पक्ष में वन भूमि को हस्तांतरित करने का मामला वन स्वीकृति के लिए भारत सरकार को सौंपा गया है

जयराम ठाकुर ने कहा कि वे इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष उठाएंगे ताकि इस महत्वकांक्षी परियोजना का कार्य जल्द पूरा किया जा सके उन्होंने कहा कि वन स्वीकृति में तेजी लाने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में जल्द उचित कदम उठाने के निर्देश दिए मुख्य सचिव विनीत चौधरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने उना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के छत्तेहड चराड़ा गांव में आज चामुखा रिडकू उठाउ पेयजल योजना का लोकार्पण किया इसके तहत दो बड़े जल भण्डारण टैंको का निर्माण किया गया है जिससे क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लोग लाभान्वित होंगे

उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए सरकार गौशालाओं का निर्माण और गउ अम्यारण्य भी स्थापित किए जा रहे हैं वीरेन्द्र कंवर ने करमाली में सामुदायिक भवन की आधारशिला भी रखी प्रमाण पत्र राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मियों को आज शिमला स्थित राजमवन में प्रमाणपत्र प्रदान किए उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपना कार्य पूर्ण समर्पण और आत्मभाव से करना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि कुशलता व कर्म का योग कौशल कहलाता है और प्रशिक्षित कर्मियों को अपने कार्यक्षेत्र में व्यवहारिकता लानी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भावी पीढ़ी को कौशल विकास से जोड़ना चाहते हैं ताकि अभिव्यक्ति को बेहतर ढंग से किया जा सके आचार्य देवव्रत ने कहा कि कार्यकुशल व्यक्ति समाज और संस्थान के लिए मजबूत कड़ी होते हैं

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील चन्द्र शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ये अभियान आशंका वाले चिन्हित स्थानों पर चलाया जाएगा उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर सम्भावित रोगियों के बलगम के नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों में मेजेंगे सुशील चन्द्र शर्मा ने बताया कि क्षयरोगियों का घर पर ही निशुल्क ईलाज किया जाएगा

वे आज सोलन के जटोली मंदिर में एक धार्मिक आयोजन में बोल रहे थे सहजल ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें उतरदायी नागरिक बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है किशन कपूर राज्य में राशन आपूर्ति करने वाले विभाग व निगम के वाहनों में जीपीएस संयंत्र लगाए जाएंगे ताकि प्रदेश मुख्यालय से सभी वाहनों की निगरानी व नियंत्रण किया जा सके खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने प्रदेश के बाहर से आने वाले वाहनों पर भी जीपीएस सिस्टम लगाने की शर्त लगा दी है उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी सरकारी राशन की दुकानों में पीओएस मशीन के माध्यम से राशन का वितरण किया जा रहा है जिससे राशन चोरी पर लगाम लगी है

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने वन विभाग और राज्य रैडक्रॉस सोसायटी शिमला के संयुक्त तत्वावधान में आज शिमला के समीप धामी के गनेवग में वन महोत्सव के तहत पौधरोपण अभियान का शुभारम्भ किया

राज्यपाल और लेडी गर्वनर दर्शना देवी ने भी देवदार के पौधे रोपित किए इस मौके उन्होंने कहा कि वृक्ष प्रकृति का वरदान है जिनका संरक्षण किया जाना जरूरी है राज्यपाल ने वन क्षेत्र कम होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है और वनों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती आचार्य देवव्रत ने लोगों से पौधरोपण को जीवन का हिस्सा बनाने का आहवान किया वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल एसके शर्मा ने विमाग द्वारा हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी

वनमंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू के बस्तोरी गांव में आज देवदार का पौधा रोपित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि वन विभाग ने एक प्लांटेशन मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है जिससे सरकार को प्रत्येक सर्किल और डिविजन की रिपोर्ट मिल रही है वन महोत्सव इस बीच सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी जिले की डरवाड़ पंचायत के अनस्वाई गांव में आज पीपल का पौधा रोपित कर उपमण्डल स्तरीय वन महोत्सव का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक उंचाई पर ही वन क्षेत्र रह गए हैं जिस कारण जंगली जानवर गांव की तरफ आ रहे हैं और किसानों व बागवानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं महेन्द्र सिंह ठाकुर ने वन विभाग के अधिकारियों को जंगलों में कुछ स्थान चिन्हित कर फलदार पौधे लगाने के निर्देश दिए ताकि जंगली जानवर गांव की तरफ न आएं

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रेहलु के पट्टी गांव में वन विभाग द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में आज ये जानकारी दी

सुरेश भारद्वाज इधर शिमला शहर के कनलोग में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान देवदार का पौधा लगाने के बाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाराज ने लगाए गए पौधों के संरक्षण को महत्वपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पंचायतीराज संस्आाओं शहरी निकायों और स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से पौधरोपण करने के अलावा इनकी देखभाल की जिम्मेदारी को लेकर उचित कदम उठाए जाएंगे वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने सोलन विधानसभा क्षेत्र के सलोगड़ा में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में लोगों से पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा और परिवेश को हरा भरा रखने के लिए पौधरोपण जरूरी है

डेंगु बिलासपुर के नोडल अधिकारी डॉक्टर परविन्द्र शर्मा ने जिले में फैले डेंगू रोग की जानकारी देते हुए बताया कि आज डेंगू का कोई भी नया मामला दर्ज नही हुआ